गरीबों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

मंत्रिमंडल मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी

टेली लॉ योजना केंद्र सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की टेली लॉ योजना शुरू की है इस योजना में प्रदेश के विदिशा खंडवा सहित कुल आठ जिलों को शामिल किया गया है केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये जरूरतमंदो को दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकेगी योजना के लिएं टेली लॉ नाम का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है जो कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर वेब पर उपलब्ध है योजना का संचालन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है

आज मंत्रालय में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम अपने छोटे बड़े शहरों का भविष्य की जरूरतों के मुताबिक नियोजन करें परिवर्तन के इस दौर में नागरिकों की अपेक्षाएँ और उम्मीद भी बढ़ी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों को सरकारी मदद के साथ ही अपनी आय के नए स्त्रोत भी विकसित करना होंगे इस अवसर पर नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि नगरीय विकास नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों के विकास के लिए नई दिशा दृष्टि से काम किया जा रहा है पीने का पानी लोगों का अधिकार है इसके लिए राइट ट्र वाटर की नीति बनाई जा रही है शहरों की पहचान जिन गतिविधियों से है उनका भी संरक्षण किया जा रहा है नौसेना दिवस आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस के मौके पर सभी नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी है इस दिवस का उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नौसेना की उपलब्धियों से आम जनता को रूबरू कराना है चिदम्बरम जमानत उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन से जुड़े मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम को आज जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया न्यायमूर्ति आर भानूमति न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर करने का निर्णय लिया न्यायमूर्ति बोपन्ना ने पीठ की ओर से कहा कि कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे और न ही मीडिया से कोई बात करेंगे या किसी भी तरह का बयान जारी करेंगे

आज लोकसभा में ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के मोबाइल टावर वैश्विक मानदण्ड की तुलना में दस गुना अधिक सुरक्षित हैं और इस बारे में हमारे कानून भी बहुत कड़े हैं

संचार मंत्री ने यह स्वीकार किया कि दिल्ली में नये मोबाइल टावरों के लिए जगह की कमी है और सरकार इस समस्या से निपटने के उपायों पर विचार कर रही है इन्द्रधन्ष कार्यशाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा मिशन इन्द्रधनुष को लेकर आज भोपाल में निजी पंजीकृत दलों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई इस मौके पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक प्रशान्त पाठराबे ने कहा कि जो बच्चे टीकाकरण के पहले अभियान से छूट गये हैं उन्हें इस अभियान में शामिल किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से सरकारी योजनायें आम लोगों की भाषा में जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं इसलिए इस अभियान में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त निदेशक डाक्टर संतोष शुक्ला ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और टीकाकरण यदि सही तरीके से होगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा कार्यशाला को महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश तोमर संचार अधिकारी निशा जैन सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया कार्यशाला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए महिला पुलिस प्रशिक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की युवतियों को पुलिस भर्ती मे अवसर उपलब्ध कराने के लिए रतलाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है अधिकांश युवतियां कमजोर तबके की है इनमें किसी के पिता मजदूर हैं तो किसी के पिता पान की द्कान पर काम करते है युवतियों को पुलिस ग्राउंड पर प्रतिदिन लिखित परीक्षा तैयारी एवं फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है इस प्रशिक्षण के बारे में कलेक्टर रुचिका चौहान ने आकाशवाणी को बताया कि इससे युवतियों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि खेलों का महत्व बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कोर्स अनिवार्य होंगे उन्होंने कहा कि अगले सत्र से खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षिकों का चयन ऑनलाइन किया जाएगा खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अब चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा

साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाड़ियों के अभिभावकों को भी जीवन बीमा में शामिल किया गया है